मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने शिमला में बताया कि आज घोषित चुनाव परिणामों में धर्मशाला से भारतीय जनता पार्टी के विशाल नेहरिया और पच्छाद से भाजपा उम्मीदवार रीना कश्यप विजयी रही हैं

धर्मशाला विधानसभा सीट के लिए कुल सात जबकि पच्छाद में पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे प्रतिक्रिया भाजपा इस बीच प्रदेश भाजपा ने धर्मशाला व पच्छाद उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की जीत पर खुशी जाहिर की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विशाल नेहरिया और रीना कश्यप को जीत की बधाई देते हुए कहा है कि इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों की जनता ने भाजपा की नीतियों और कार्यक्रमों पर विश्वास जताया है जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों की आशाओं व अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं जिनका लोगों को लाभ मिल रहा है मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को चुनने के लिए लोगों का आभार भी जताया है केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी धर्मशाला व पच्छाद में भाजपा उम्मीदवारों की जीत को पार्टी की विकासवादी नीतियों की जीत बताया है अनुराग ठाकुर ने जनसमर्थन हासिल करने के लिए विशाल नेहरिया और रीना कश्यप को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि दोनों ही नवनिर्वाचित विधायक पार्टी की नीतियों पर चलते हुए प्रदेश के विकास में अपना पूर्ण योगदान देंगे प्रतिक्रिया कांग्रे स दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की हार पर मंथन करने की बात कही है उन्होंने कहा कि पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी और जो जनादेश मिला है वे उसका सम्मान करते है करतारपुर कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान ने आज करतारपुर साहिब गलियारा खोले जाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए डेरा बाबा नानक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जीरो प्वाइंट पर हस्ताक्षर समारोह में विदेश मंत्रालय रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारी तथा पंजाब सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही करतारपुर साहिब गलियारे के शुभारंभ की औपचारिक रूपरेखा तय हो गई है समझौते के अनुसार सभी धर्मो के भारतीय श्रद्धालु और भारतीय मूल के लोग करतारपुर साहिब दर्शन के लिए वीजा मुक्त यात्रा कर सकेंगे गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एससीएल दास ने बताया कि श्रद्वालुओं को अपने साथ केवल एक वैध पासपोर्ट लाना होगा करतारपुर कॉरिडोर सुबह सूर्योदय से शाम तक खुला रहेगा सुबह आने वाले श्रद्दालुओं को उसी दिन शाम को लौटना होगा करतारपुर स्थित गुरुद्वारे में गुरुनानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए थे वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि समाज तभी विकसित होगा जब युवा आध्निक ज्ञान के साथ साथ अपनी संस्कृति मूल्यों व संस्कारों से भी परिचित होंगे सोलन जिला के धर्मपुर में एक निजी विद्यालय के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्यालय स्तर पर युवाओं में व्यवसायिक दृष्टिकोण सुजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं वीरेंद्र कंवर ने कहा कि विभिन्न राजकीय विद्यालयों को स्मार्ट क्लास तकनीक से जोड़ा जा रहा है

वीरेंद्र कंवर ने युवाओं से अपने परिवेश प्रदेश और राष्ट्र को पूर्ण रूप से स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रखने का आह्वान भी किया

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा